सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा विश्वसनीयता और भरोसा द्रदर्शन व आकाशवाणी की विशेषताएं

सांसद रामस्वरूप शर्मा ने केन्द्र से हिमाचल में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने का किया आग्रह मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मादक पदार्थो की बिक्री और इनका बढ़ता सेवन एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है जिसके उन्मूलन के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत है मुख्यमंत्री आज चण्डीगढ़ में हरियाणा पंजाब उत्तराखण्ड व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली चण्डीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर के उच्चाधिकारियों की दूसरी क्षेत्रीय कांफ्रेस को सम्बोधित कर रहे थे जयराम ठाकर ने कहा कि हिमाचल की सीमाएं कई अन्य राज्यों से लगती है ऐसे में अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करी से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करना बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ उठाए गए कारगर कदमों के परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गिरफ्तारियों में इजाफा हुआ है

जयराम ठाकुर ने नशे का न जीवन को हां स्लोगन के साथ अभियान चलाने पर भी बल दिया उन्होंने उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक शिमला में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी सहमति जताई बैठक में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मादक पदार्थो के सेवन पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जावड़ेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता और भरोसा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं दूरदर्शन केन्द्र नई दिल्ली में आज अत्याधुनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे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

बिंदल शिमला जिला के आठ निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर आज शिमला में प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विधायकों जनता सरकार और अधिकारियों में परस्पर सम्पर्क बनाना व संवाद कायम करना है बिंदल ने कहा कि मोबाईल ऐप्प के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले सकेंगे और साथ ही अध्री पड़ी परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता व कार्य में प्रगति लाने के लिए प्रयास करने में भी सक्षम होंगे उन्होंने सभी अधिकारियों से इस प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए ताकि कार्य दक्षता के साथ साथ पारदर्शिता और आम जनता की शिकायतों का निपटारा सुगमता से किया जा सके गोविंद सिंह वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही झीलों के माध्यम से जल परिवहन सेवा शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि इससे सड़को पर यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा गोविंद ठाकुर ने आज एनटीपीसी की जल परिवहन विशेषज्ञों की टीम के साथ तत्तापानी से कोलडैम तक जल परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वे किया उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ नदियों व झीलों को प्रद्यण मुक्त बनाने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है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

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं और दरंग में आज जन समस्याएं सुनने के बाद ये जानकारी दी

लोकसभा में आज विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इससे पॉजी स्कीमों की खामियों को दूर करने में सहायता मिलेगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये विधेयक देश में अवैध रूप में जमा किए जा रहे धन के प्रभाव से निपटने में भी मदद करेगा रामस्वरूप सासंद राम स्वरूप शर्मा ने केंद्र सरकार से हिमाचल में नये पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने का आग्रह किया है लोकसभा में आज एक सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में संसाधनों के समुचित दोहन और रोजगार के अवसर बढाने के लिए पर्यटन का विकास जरूरी है रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि रोहंताग सुरंग बनने से पर्यटकों को जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की विशिष्ट संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने व समझने का अवसर मिलेगा सुरेश भारद्वाज राज्य सरकार ने मैसर्ज हिमाचल शिक्षा विकास धमार्थ संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं